अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति कार्यक्रम रूड़की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि आईआईटी से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र देश के विभिन्न स्थानों में विशिष्ट स्थानों पर कार्य करेंगे लेकिन उन्हें अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए

उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में छात्राओं की अधिक भूमिका सुनिश्चित करने का आहवान किया राष्ट्रपति ने कहा कि आईआईटी रुड़की का देश ही नहीं विदेश में भी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान है उन्होंने आईआईटी रुड़की के साथ इसरो का अनुबंध होने पर बधाई दी उन्होंने चंद्रयान मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा यह एक सफल मिशन के रूप में गिना जाएगा दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने नव दीक्षित छात्रों को उपाधि से सम्मानित भी किया निशंक मुख्यमंत्री रूड़की केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि देश में ही जल्द ही नई शिक्षा नीति लागू होगी उन्होंने कहा कि नई नीति शिक्षा के साथ साथ रोजगार संस्कृति और उच्च मूल्यों को समाहित करते हुए विज्ञान और संस्कृति का मेल साबित होगी आज आईआईटी रूड़की के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री ने नव दीक्षित छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वह अपने कार्यक्षेत्र में सफल होकर देश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आईआईटी के योगदान को रेखांकित किया उन्होंने कहा कि चाहे देश के विकास की बात हो या भूकंप से पूर्व की सूचना हो आईआईटी के वैज्ञानिकों ने हमेशा अपनी श्रेष्ठता साबित की है मुख्यमंत्री ने कहा कि आईआईटी रूड़की में इसरो द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान का प्रकोष्ठ स्थापित किया जा रहा है इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा मिलेगा इस अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आईआईटी रुड़की के निदेशक अजीत चतुर्वेदी के साथ ही प्रदेश के तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे

चुनाव को लेकर जानकारी देते हुए मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट ने कहा कि सभी जिलों में पर्याप्त पुलिस बल और स्टॉफ की तैनाती कर दी गई है साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर खासा ध्यान दिया जा रहा है

देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से कई जगहों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया पोलिंग पार्टियों के लिए पर्याप्त मात्रा में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की व्यवस्था की गई है अल्मोड़ा मे चार विकासखण्डों मे सम्पन्न होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हई

बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उदार नीति जारी रखने का फैसला किया है ताकि मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में रहे रेपो दर में कमी का उद्देश्य आवास और वाहन ऋण की दरों में कमी लाना है रिजर्व बैंक के गर्वनर ने कहा है कि निगमित दरों में कटौती के फलस्वरूप सरकार के राजस्व विवेक पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि सरकार के पास राजस्व उगाही के कई स्रोत हैं और जिनसे एक दशमलव चार पांच लाख करोड़ के राजस्व घाटे को पूरा किया जा सकेगा

केदारनाथ अपने भव्य स्वरूप में देश और दुनिया के सामने आने लगा है देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिये केदारनाथ में व्यापक व्यवस्था की गई है केदारपुरी का प्नर्निर्माण मास्टर प्लान के तहत किया जा रहा है यहां की सड़कों और भवनों का निर्माण वहां की भौगोलिक स्थिति और जलवायु को ध्यान में रखकर किया गया है भवनों को उत्तराखण्ड की पारंपरिक शैली में तैयार किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ में बनायी जा रही आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल को भी भव्यता प्रदान की जा रही है

स्थायी निर्माण कार्यो के टेण्डर भी जल्द कर दिये जायेंगे हरक बैठक प्रदेश सरकार ने असंगठित मजदूरों के लाभ के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं

देहरादून में श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक में यह फैसले लिये गए

उन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना का समुचित प्रचार प्रसार न करने पर भी असन्तोष जताया

श्रम मंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी बीमा निगम और कर्मचारी प्रोविडेण्ट फण्ड के दायरे से बाहर रहने वाले सभी कर्मकार इस योजना में अपना पंजीयन करा सकते हैं

लगभग साढ़े चार हजार मीटर की उंचाई पर कैंप वन से यह दल अपने साथ करीब एक क्विंटल कूड़ा लेकर पहुंचा है यह कचरा हिमालयी अभियान पर गए पर्वतारोहियों ने छोड़ दिया था जम्मू में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात एवरेस्टर विजेता पर्वतारोही राम सिंह ने बताया कि कैंप वन में पर्वतारोहियों ने काफी सामान छोड़ दिया था जिसे वो अपने सामान के साथ नीचे लाए दल के लीडर कर्नल एसपी मलिक ने बताया कि पिंडारी ग्लेशियर के पास उनके दल ने बेस कैंप बनाया और आगे कैंप वन में पहुंचे यहां भारी बर्फबारी होने से उनका दल तीन दिन तक मौसम खुलने का इंतजार करते रहा और वहां कैंप में सफाई अभियान चलाकर करीब एक क्विंटल कचरा इक्कठा किया हालांकि दल के सदस्य पिंडर क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण नंदादेवी ईष्ट से लापता विदेशी पर्वतारोही मार्टन मोरेन को नहीं ढूंढ़ सके गौरतलब है कि पहली बार पिंडारी ग्लेशियर के कैंप वन तक यह स्वच्छता अभियान चलाया गया है